नया रायपुर में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ और रेलवे के बीच खेला गया मैच चौथे और अंतिम दिन ड्रॉ सिखों के पहले गुरू साहेब श्री गुरूनानक देवजी की जयंती पर पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर महानदी खारून और शिवनाथ सहित विभिन्न नदियों में श्रद्वालुओं ने पुण्य स्नान किया सुब्रत साहू ईव्हीएम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुव्रत साहू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान जरूरत पड़ने पर ही ईव्हीएम मशीनें बदली गई है वहीं ईव्हीएम बदले जाने के दौरान किसी भी मतदान केंद्र में आधे से एक घंटे की अवधि से अधिक मतदान बाधित नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि जिन ईव्हीएम के जरिये मतदान कराया गया है वे सभी मशीनें जिलों में स्थापित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है श्री साहू ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब होने की शिकायत कतिपय स्रोतों के द्वारा ही की जा रही है उनके द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि ईव्हीएम मशीनें अत्यधिक संख्या में बदली गई हैं जबकि वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित मतदान केन्द्रों से सूचना मिलने पर ही आवश्यकतानुसार ईव्हीएम मशीनें बदली गईं उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में मतदान के दौरान मतदान केंद्रो की संख्या के हिसाब से पच्चीस हजार छह सौ चालीस बैलेट यूनिट उन्नीस हजार तीन सौ पैंतीस कंट्रोल यूनिट और उन्नीस हजार तीन सौ पैंतीस वीवीपैट मशीने इस्तेमाल में लाई गई सूचना मिलते ही एक सौ चौबीस बैलेट यूनिट चौरासी कंट्रोल यूनिट और पांच सौ दस वीवीपैट मशीनें बदल दी गई है धरमलाल कौशिक प्रेसवार्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य में विधानसभा निर्वाचन के दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में मतदाताओं द्वारा मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने पर आभार व्यक्त किया है उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा बलों का भी आभार जताया आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने चुनाव के बाद स्ट्रांग रूमों में ईव्हीएम की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों पर भरोसा जताया श्री कौशिक ने ईव्हीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव में मतदाताओं के फैसले पर भरोसा करना चाहिए संविधान दिवस छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस के मौके पर अधिकारी और कर्मचारी संविधान की गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेंगे इस अवसर पर मंत्रालय में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भारत के संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे मुख्य सचिव अजय सिंह उन्हें संविधान की प्रस्तावना का पठन करवाएंगे इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों प्रमुख सचिवों सचिवों और विशेष सचिवों को परिपत्र जारी किया है परिपत्र में मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री सीजीडी नेटवर्क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पैंसठ भौगोलिक क्षेत्रों में एक सौ उनतीस जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है साथ ही उन्होंने सीजीडी नेटवर्क के लिए बोली के दसवे दौर की भी शुरूआत की इनमें छत्तीसगढ़ के दो जिले कोरबा और बिलासपुर के लिए भी बोलियां मांगी गई हैं इन परियोजनाओं के तहत देश में अगले तीन सालों के भीतर करीब चार सौ जिलों में सिटी गैस वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि समूची मानवता और भावी पीढ़ी के लिए भी स्वच्छ ऊर्जा और गैस आधारित व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के साथ ही हमें क्लीन एनर्जी के हमारे कमिटमेंट का भी ध्यान रखना है हमें दुनिया को यह भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहंचाए भी विकास हो सकता है ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नैचुरल गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि सरकार तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी के टर्मिनलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड और शहरी गैस वितरण प्रणाली के विस्तार पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था से गैस आधारित उद्योग पनपेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश में पांच हजार कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र लगाए जाएंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसों रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम के ज़रिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं अक्टूबर दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री ने मन की बात के पहले कार्यक्रम में खादी के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था और खादी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया था ट्रेन प्रभावित दुर्ग गोंदिया कलमना रेलवे खंड के बीच तकनीकी कार्यो की वजह से पच्चीस और छब्बीस नवंबर को कई लोकल और पैसेंजर ट्रेन प्रभावित होंगी रेलवे के अनुसार पच्चीस नवंबर को बिलासपुर रायपुर मेमू और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू रद्द रहेगी वहीं टाटा इतवारी पैसेंजर शिवनाथ एक्सप्रेस और रायपुर दर्ग मेमू विलंब से रवाना की जाएगी इसके अलावा छब्बीस नवंबर को डोगरगढ़ रायपुर मेमू नहीं चलेगी छब्बीस नवंबर को ही इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन देरी से रवाना की जाएगी खदान हादसा सूरजपुर जिले के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के कुम्दा भूमिगत खदान में एक हादसा होने से दो श्रमिकों की मौत हो गई है जबकि चार अन्य गंभीर रुप से घायल हो गए हैं यह घटना आज सुबह करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है प्रथम पाली का काम चल रहा था तभी माइनिंग के दौरान कोयले की चट्टान सीधे श्रमिकों के उपर आ गिरा जिससे चट्टान के नीचे दबकर यहां काम कर रहे दो मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया

रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ और रेलवे के बीच खेला गया मैच ड्रॉ हो गया है रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चौथे और अंतिम दिन आज रेलवे ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर सत्तर रन बनाए इससे पहले छत्तीसगढ़ ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर दो सौ उन्नीस रन बनाकर घोषित कर दी थी दूसरी पारी में छत्तीसगढ़ के संजीत देसाई ने सड़सठ और हरप्रीत सिंह ने उनसठ रन बनाए रेलवे की ओर से करन ठाकुर ने तीन विकेट लिए इस स्पर्धा में अब छत्तीसगढ़ अपना अगला मैच विदर्भ के साथ अट्ठाईस नवंबर से खेलेगा

आज ही के दिन गुरूनानक देवजी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के ननकाना साहिब में हुआ था गुरूग्रंथ साहिब का अखंड पाठ भोग विभिन्न गुरूद्वारों में हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूनानक जंयती पर लोगों को बधाई दी है प्रदेश में भी आज सिख समाज के लोगों ने गुरूनानक देवजी की जयंती पर गुरूद्वारों में अरदास किया साथ ही विभिन्न स्थानों पर लंगर का आयोजन भी किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरूनानक जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है इस अवसर पर प्रदेश में लोगों ने महानदी और खारून सहित विभिन्न नदियों में पवित्र स्नान किया राजधानी रायपुर से लगे महादेवघाट में आज पुन्नी मेला भी लगा हुआ है इसके अलावा भी राज्य की महानदी सहित कई अन्य प्रमुख नदियों के तट पर भी श्रद्वालुओं की भीड़ नजर आई नारायणपुर चांदमारी नारायणपुर जिले में सेनानी पैंतालीसवीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आज से दो दिवसीय चांदमारी अभ्यास शुरू किया गया यह अभ्यास सुबह सात से दोपहर चार बजे तक चांदमारी स्थल ग्राम धनोरा जमुरी क्षेत्र के तहत फायरिंग रेंज में किया जा रहा है जिला प्रशासन ने चांदमारी अभ्यास की अनुमति देते हुए फायरिंग अवधि के दौरान ग्रामीणों और पालतू मवेशियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

आयोग का कार्यकाल तीस नवम्बर को समाप्त हो रहा था जो अब अगले वर्ष इकतीस मई तक बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विज़ुअल आर्ट सोसायटी द्वारा कल शाम रायपुर स्थित प्रेस क्लब में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी समकालीन साहित्यिक परिदृश्य विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी होंगे सुकमा जिले में कोंटा के गोरखा कैम्प में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के दो सौ उन्नीसवीं बटालियन के एक जवान ने अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदक्शी कर ली

महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने से धान जमा होने के समाचार मिले हैं